उन्होंने बैंकों के विलय के बाद नौकरियां खत्म होने की खबरों का खंडन करते हुए इन्हें पूरी तरह निराधार बताया निर्मला सीतारामन ने मजदूर संघों को आश्वस्त किया कि बैंकों के विलय का फैसला कर्मचारियों को हितों के खिलाफ नहीं है इससे बैंकों के कामकाज पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर आज कांगड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे जिले के विभिन्न स्थानों पर करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास करेंगे

बाद में उनका जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यकम है

विमान ईंधन की कीमतों में कमी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में आयी गिरावट के कारण की गयी है गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी आज देश सहित प्रदेशभर में श्रद्वापूर्वक मनाई जा रही है बुद्धि विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज से आरम्भ दस दिन का उत्सव अनन्त चतुर्दशी पर सम्पन्न होता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाए दी है राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि यह उत्सव उन मूल्यों का प्रतीक है जिन्हें समाज के सभी वर्गों के कल्याण और राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में उतारना होगा

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं

उधर खराब मौसम को देखते हुए भरमौर प्रशासन ने मणिमहेश जाने वाले यात्रियों से एहतियात बरतने की अपील की है भरमौर के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पीपी सिंह ने बताया कि खराब मौसम के चलते डल झील व गौरीकुंड में हिमपात हो सकता है ऐसे में वहां पर मौजूद यात्रियों को सुरक्षित स्थानों में भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं उन्होंने कहा कि हड़सर से मणिमहेश की ओर जाने वाले श्रद्वालुओं को भी हड़सर में ही रोक दिया गया है पीपी सिंह ने मौसम साफ होने तक यात्रियों को सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने नए राज्यपाल की नियुक्ति और चिड़गांव में बादल फटने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है बंडारू दत्तात्रेय होंगे हिमाचल के राज्यपाल कलराज राजस्थान भेजे दैनिक जागरण का शीर्षक है दत्तात्रेय हिमाचल के राज्यपाल दैनिक भास्कर के शब्द हैं हैदराबाद के बंडारू दत्तात्रेय होंगे प्रदेश के राज्यपाल

पंजाब केसरी की एक खबर है चिड़गांव में बादल फटे पांच पुल व स्कूल भवन क्षतिग्रस्त

आपका फैसला के शब्द हैं चिड़गांव में बादल फटने से तबाही सड़कें बहीं दिव्य हिमाचल का कहना है रोहडू में बादल फटा भारी नुकसान दैनिक जागरण के अनुसार चांशल में बादल फटा चोटियों पर बर्फबारी दैनिक भास्कर का कहना है रोहड़ू में बादल फटने से खड़ड में बाढ़ आई दो पुल ढहे हिमाचल दस्तक के मुताबिक शिमला समेत कई जिलों में झमाझम बारिश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से आपका फैसला लिखता है हरियाणा के चुनाव के साथ हो सकते हैं हिमाचल में उपचुनाव

अतुल कुमार को एसपी ऊना का अतिरिक्त चार्ज शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल सरकार ने तीन पुलिस अफसरों के किए तबादले

एचआरटीसी में पत्र बम हड़कंप शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है सरकार को भेजा गया पत्र एचआरटीसी के कारनामों का है जिक